वे विदिशा की नवीन कृषि उपज मण्डी प्रांगण में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि हितग्राही किसानों के बैंक खातों में वन क्लिक के माध्यम से जमा कराने की शुरुआत करेंगे इसके तहत एक लाख तैतीस हजार चार सौर तेईस किसानों के बैंक खातों में लगभग चार सौ चवालीस करोड़ रुपये जमा किये जायेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री कई विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे

इनमें तीन हजार करोड़ रुपये की लागत वाला इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे और छह हजार करोड़ रुपये की लागत वाला चंबल एक्सप्रेस वे शामिल हैं राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लेने के बाद इन दोनों एक्सप्रेस वे पर काम शुरू हो सकता है नौ सौ छियासी किलोमीटर लंबे इंटर कॉरिडोर और छह सौ उन्यासी किलोमीटर लंबे फीडर रूटों के अलावा मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना के तहत लगभग तीन हजार एक सौ अस्सी किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का निर्माण करने की योजना है साथ ही भोपाल और इंदौर में लॉजिस्टिक्स पार्क भी बनाने की योजना है

विभाग इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है मुख्य समारोह भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित होगा जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगी

वहीं विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आज पुरस्कृत भी किया जायेगा

इस समझौते के अंतर्गत बैंकों के संघ के कम से कम पचास करोड़ रूपए के फंसे ऋणों की समस्या का समाधान किया जाएगा यह समझौता सशक्त योजना का हिस्सा है सुनील मेहता समिति ने जुलाई के आरंभ में इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी थी केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को बैकिंग उद्योग की समस्याएं हल करने की दिशा में बडा कदम बताया है

हालांकि राज्य सरकार ने महाविद्यालयों की स्वशासी समितियों के तहत कार्यरत सभी संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित करते हुए आगामी तीन माह के लिए सामूहिक अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है राज्य सरकार ने एस्मा के तहत कल एक आदेश जारी कर ये कार्रवाई की इस दौरान ये अधिकारी कर्मचारी अपनी निर्धारित सेवाओं में कार्य करने से इंकार नहीं कर सकेंगे उधर प्रदेश के जूनियर डाक्टरों ने अस्पताल प्रशासन को अपने सामूहिक इस्तीफे सौंपे हैं

मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार राजधानी भोपाल समेत प्रे प्रदेश में आने वाले तीन दिन तेज़ बारिश की सम्भावना है विभाग के अनुसार सागर गुना अशोकनगर छतरपुर दमोह विदिशा राजगढ़ और रायसेन में भारी बारिश की संभावना है सागर जिले के बीना में लगातार बारिश के कारण रेलवे जंक्शन के ट्रैक में पानी भर जाने से रेल यातायात प्रभावित रहा

रतलाम जिला मुख्यालय में चार घंटे में हई लगभग चार इंच बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया ब्रहानपुर जिले में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथनूर बांध के चार दरवाजे खोलना पड़े हैं वही हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि जिले मे पोहरी की बिलुआ नदी पर बने रपटे में एक व्यक्ति की डूबने से मौत की खबर है जबलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढने से आज शाम बरगी बाँध के गेट खोले जायेंगे गेट खुलने से रायसेन जिले के निचले क्षेत्रों में रहवासियों को सतर्क रहने की प्रशासन ने अपील की है

उनकी अंत्यष्टि उनके गृहग्राम रायसेन के उदयपुरा में की गई

इसमें एक हजार छह सौ अडतिस करोड रुपये की लागत से चौदह मार्गो और सवा चार सौ करोड़ रुपये लागत के चार मार्गो का लोकार्पण किया गया

इसके उपचार के लिए शिविर लगाये गये हैं

मेले में करीब चार हजार आवेदक शामिल होंगे